उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सत्र शांतिपूर्ण रहेगा और सभी सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे इस बीच सत्र पर रणनीति बनाने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शाम धर्मशाला में होगी दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी धर्मशाला में बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री करेंगे कल से शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया है कि सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

वहीं धर्मशाला को जोड़ने वाले मागोँ पर नाकेबंदी भी की गई है उन्होंने कहा कि तपोवन के आसपास लगते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने के लिए अस्थायी पास बनाए जाएंगे ताकि उन्हें सत्र के दौरान आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत न हो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी ज़िले के दौरे पर हैं इस दौरान वे विक्टोरिया पुल के साथ बने नए पुल का लोकार्पण करेंगे उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा उप निदेशक के अतिरिक्त भवन का उदघाटन भी करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की एक समीक्षा बैठक में भाग लेंगे और जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के गोलवां में जनसमस्यायें सुनेंगे मंडी ज़िले में सरकाघाट जाहू हवाई अड्डा बनाओ संघर्ष समिति ने सरकार से सीर खड्ड के लैफ्ट बैंक पर समतल भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग की है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

अमर उजाला के शब्द हैं प्याज के दामों पर अगले दो माह नियंत्रण रखेगी हिमाचल सरकार दिव्य हिमाचल की सुर्खी हैं सरकार डिपुओं में बेचेगी सस्ता प्याज दैनिक भास्कर लिखता है दुकानदार नहीं डीसी करेंगे प्याज के रेट तय सरकार चैक करेगी जमाखोरी सूचना मंत्रालय के संस्थान भी आए सीबीआई की जांच के दायरे में सूबे में चल रहे चार केंद्रों को भी मिली थी करोड़ों की छात्रवृति अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल दस्तक की एक खबर है आयुर्वेद घोटाले की होगी जांच निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष पर प्रदेश सरकार का शिंकजा केके कटोच के सभी फैसले निरस्त दैनिक जागरण की एक सुर्खी है

दैनिक जागरण की एक खबर है मुख्यमंत्री कार्यालय वर्दी और बैग के सैंपल लेकर पहुंचे अधिकारी सिरमौर व हमीरपुर जिलों से वर्दी की गुणवत्ता सही न होने की आई थी शिकायत